मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया पूर्ण बहमत से बनायेंगे सरकार

इसके साथ ही घोषणा को मतगणना कक्ष में स्थापित डिस्पले बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा राउण्डवार रिजल्ट शीट भी अभ्यर्थी और उसके अभिकर्ता को दी जायेगी और मीडिया को अवगत कराने के लिये प्रत्येक राउंड के परिणाम की प्रति मतगणना परिसर में बनाये गये मीडिया कक्ष को दी जायेगी राउण्ड वार मतगणना परिणाम की जानकारी रिटर्निंग अधिकारी द्वारा आयोग के काउटिंग साफ्टवेयर पर भी अपलोड की जायेगी आयोग द्वारा निर्देशित किया गया है कि अगले राउण्ड की गिनती तब तक शुरू नहीं होगी जब तक पहले राउण्ड की मतगणना की गिनती समाप्त होकर उसके परिणाम डिस्प्ले पर प्रदर्शित न हो जायें

तीन दिन परिवार के साथ छ टिटयां बिताकर लौटे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान प्रदेश कार्यालय पहुंचे यहां वे वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक में शामिल हुए बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा कि व्यवहारिक आकलन के सामने कोई भी आकलन नहीं टिकता उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान मतदाताओं में विशेषकर युवाओ महिलाओं और नये वोटरों में भाजपा के प्रति विशेष स्नेह देखा गया बढ़े हुए वोट प्रतिशत पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली बार भी वोट प्रतिशत बढ़ा था और भाजपा ने सरकार बनाई थी इस बार भी भाजपा पिछली बार से ज्यादा सीटों के साथ लगातार चौथी बार सरकार बनायेगी बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह मंत्रिमण्डल के सदस्य नरोत्तम मिश्रा भूपेन्द्र सिंह रामपाल सिंह सहित वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मतगणना के दौरान कार्यकर्ता पूरी सतर्कता रखें किसी से डरने या दवाब में आने की आवश्यकता नही है बैठक में पदाधिकारियों को मतगणना के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश भी दिये गये

इनमें दीवानी और आपराधिक मामलों सहित सभी प्रकार के प्रकरणों की सुनवाई की गयी खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि खंडवा के अलावा पुनासा और हरसूद में तहसील स्तरीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया जिनमें आपसी समझौते से एक हजार सतहत्तर मामलों को सुलझाया गया वहीं शिवपुरी में चार सौ चौरासी मामलों का निराकरण कर चार करोड़ बाइस लाख रुपये से अधिक की राशि का अवार्ड पारित किया गया वहीं सिवनी में आयोजित लोक अदालत में पांच सौ इकत्तीस मामले आपसी सहमति से सुलझाये गये रीवा से आकाशवाणी संवाददाता ने बताया है कि जिले में आयोजित लोक अदालत में चेक बाउंस मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति विद्युत प्रकरण जैसे मामले रखे गये वहीं ग्वालियर में कल आयोजित की गई लोक अदालत में आपसी सहमति से एक सौ तीस मोटर दुर्घटना दावा मामले सुलझाये गये वहीं श्योपुर जिले में लोक अदालत के जरिए एक सौ छियालीस मामलों का निपटारा किया गया आगर मालवा जिले में आयोजित लोक अदालत में चार सौ छियालीस मामलों का निराकरण किया गया वहीं बड़वानी में नौ सौ चौतीस मामलों में तीन करोड़ से अधिक के अवार्ड पारित किये गये छिंदवाड़ा में भी तीन सौ पैसठ मामलों का निपटारा किया गया शहडोल रायसेन मुरैना भिण्ड सहित सभी जिलों से लोक अदालत आयोजित किये जाने के समाचार मिले हैं

नियमित दवाओं के सेवन से इस रोग से मुक्त हुआ जा सकता है राज्यपाल ने कल राजभवन में आयोजित टीबी एसोसियेशन की बैठक में यह बात कही उन्होंने कहा कि आज जब हम अपना लक्ष्य तय करेंगे तभी तय समय में तय काम कर पायेंगे बैठक में भोपाल के ईदगाह हिल्स टीबी अस्पताल के डॉक्टर्स के साथ साथ इंजीनियरिंग संस्थान और एनजीओ के लगभग बीस प्रतिनिधियों ने भाग लिया

इसमें बच्चों की सांस्कृतिक खेल कूद और अन्य गतिविधियों का आयोजन वार्षिक उत्सव के रूप में होगा प्रतिभा पर्व में शालेय व्यवस्था का आकलन भी किया जाएगा यह आकलन शाला स्तर पर शिक्षकों द्वारा किया जाएगा राज्य शिक्षा केन्द्र संचालक आईरीन सिथिया ने कल भोपाल में प्रतिभा पर्व आयोजन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा है कि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है उन्होंने प्रदेश के सभी शिक्षकों से अपील की है कि वे निर्भीक होकर अपनी शाला और विद्यार्थियों का मूल्याकंन करें

लोक शिक्षण आयुक्त जयश्री कियावत ने कल इसकी तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि इस बार बालरंग के आयोजन के लिए बेहतर व्यवस्थायें की जा रही हैं उन्होंने अधिकारियों को भोपाल के इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में आयोजित होने वाले इस राष्ट्रीय बालरंग में समन्वय के साथ बेहतर व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये हैं

अजय ने यह उपलब्धि इंदौर में खेले जा रहे रणजी मैच के दौरान हैदराबाद के खिलाफ हासिल की

इस जीत के साथ भारत पूल सी में सात अंकों के साथ विश्व की तीसरे नम्बर की टीम बेल्जियम से बेहतर गोल औसत के साथ शीर्ष पर रहा बेल्जियम के भी सात अंक रहे

ग्वालियर में कल एक विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई